बिहार और यूपी के बीच दस अक्टूबर से छह मार्गों पर शुरू होगी बस सेवा

राज्य सराकर द्वारा देर शाम पेट्रोल और डीजल पर टैक्सों में कमी का फैसला किया गया उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में पटना में हुई बैठक में पेट्रोल पर दो रूपये बावन पैसे और डीजल पर दो रूपये पचपन पैसे वैट में कटौता का निर्णय लिया गया श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में ढाई रूपये प्रति लीटर की कमी की थी और राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे अपने वैट में कटौती करें ताकि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में अधिक से अधिक कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके

इस बीच इस मामले में गिरफ्तार इरफान से एसआईटी ने सघन प्रछताछ शुरू कर दी है प्रलिस अधीक्षक बाब् राम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है

शेष पचास की जब्ती के लिए छापेमारी की जा रही है इस बीच बोधगया में हुए विस्फोट के मामले में एनआईए की टीम ने विस्फोट स्थलों का निरीक्षण किया एनआईए की चार सदस्यीय टीम ने उन जगहों को जांच की जहां विस्फोट हुआ था और बम बरामद किये गये थे प्रवर्तन निदेशालय ने कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा के जहानाबाद के रूस्तमपुर स्थित अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है ईडी ने लगभग ढाई एकड़ जमीन जब्त की है सूत्रों ने बताया कि अब नक्सली के भाई और करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों को फीज करने की कार्रवाई की जा रही है नक्सली प्रद्युम्न पर बिहार और झारखंड में इक्यावन मामले दर्ज हैं वहीं पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने जाली नोटों के कारोबारी कबीर खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है सजा के बिंद् पर ग्यारह अक्टूबर को सुनवाई होगी मामले का मुख्य आरोपी कबीर खान का संबंध बांग्लादेश से है मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के मुमारपुर सिसवा गांव में तिरहुत नहर का बांध टूट गया है बांध टूटने से आस पास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं बाढ़ का पानी सिसवा गांव से निकलने वाली सड़क पर भी आ गया है जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है इधर जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी बांध की मरम्मत में जूटे हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों से लोन रिकवरी सिस्टम सुधारने को कहा है श्री मोदी ने पटना में रिजर्व बैंक के एक कार्यक्रम में कहा कि बैंकों के डाटा में काफी गड़बड़ियां है जिसे सुधारने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार सभी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जारी करती है मगर ऐसा देखा गया है कि खातों में यह पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है श्री मोदी ने बैंकों को समीक्षा प्रणाली सुधारने और शाखावार समीक्षा करने का सुझाव दिया बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच दस अक्टूबर से छह मार्गो पर बस सेवा शुरू होगी जिन रूटो पर बस परिचालन शुरू होगा उसमें देवरिया पटना गया सारनाथ छपरा गोरखपुर रक्सौल गोरखपुर मोतिहारी गोरखपुर और आरा वाराणसी रूट शामिल हैं परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि अट्ठाईस अन्य रूटों पर भी बस सेवा जल्द शुरू होगी नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अब उनसठ विषयों की पढ़ाई होगी यूजीसी की स्वीकृति के बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय देश का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन गया है जहां पत्राचार माध्यम से इतने विषयों की पढ़ाई होगी इन पाठयक्रमों में नामांकन के लिए बीस अक्टूबर तक आवेदन मांगा गया है इसके अलावा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के बाद के सत्र के लिए पत्राचार के माध्यम से बारह विषयों की पढ़ाई की अनुमति मिली है प्रदेश में भूमि विवाद के जल्द निपटारे के लिए अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को थाना स्तर पर बैठक होगी इस दौरान लोग अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी थाना अध्यक्षों और अंचलाधिकारियों भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए हर शनिवार और रविवार को मिलकर बैठक करने को कहा गया साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ऐसे मामले की मासिक समीक्षा करने को कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है इससे फिलहाल आवास और वाहन ऋण समेत अन्य कर्ज की इएमआई नहीं बढ़ेगी बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति ने रेपो दर साढे छह प्रतिशत तथा रिवर्स रेपो दर छह दशमलव दो पांच प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में साक्षरता क्लब बनाने को कहा है इसका उद्देश्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है पश्चिम चंपारण और बेगूसराय जिले में पुलिस ने छापेमारी कर तीन सौ अड़तीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है छापेमारी के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार शराब कारोबारियों ने इस धंधे में शामिल कई अन्य लोगों के नामों का भी खुलासा किया है इस खुलासे के आधार पर संलिप्त कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आज शाम पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम प्रमुख केकेसिन्हा ने बताया कि इस सम्मेलन में देश के जानेमाने कलाकार शामिल हो रहे हैं उप शास्त्रीय गायन की प्रख्यात कलाकार नीता सूरमा अपनी पस्तुति देंगी उनके साथ सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी तबला पर उस्ताद अख्तर हसन और हारमोनियम पर बदलू खान संगत करेंगे वहीं पंडित केशव गिंडे का बांसुरी वादन और अरविंद कुमार आजाद का तबला वादन भी होगा वीनू मांकड़ अंडर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में बिहार की टीम ने नगालैंड को एक सौ उनतालीस रनों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया है आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में भी पेट्रोल व डीजल पांच रूपये सस्ता हुआ दैनिक जागरण भारत और रूस के बीच हुए रक्षा सौदे से जुड़े खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है एस चार सौ पर रूस से करार प्रभात खबर की सुर्खी है मोटे पॉलीथिन की रिसाईक्लिंग कर सड़क निर्माण व बिजली उत्पादन में होगा इस्तेमाल दैनिक भास्कर लिखता है सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का एक माह में मांगा डाटा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मोबाइल एप्प से जुड़े ग्यारह जिलों के किसान आज लिखता है सत्रह हजार सात सौ सतासी करोड़ का होगा अपना पटना मेट्रो

बिहार और यूपी के बीच दस अक्टूबर से छह मार्गों पर शुरू होगी बस सेवा